निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर से आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए वहीं निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारन्टी योजना को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की टिप्पणियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है निर्वाचन आयोग ने आदेश में श्री कुमार की टिप्पणियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करें लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर नामांकन दाखिल करने की पक्रिया जारी है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव ने आज कन्नौज सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया डिम्पल यादव वर्तमान में कन्नौज से सपा की सांसद है नामांकन के दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चन्द्र मिश्रा और सपा से राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन भी मौजूद थी हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पन्द्र सिंह चंदेल कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी और उन्नाव संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनु टण्डन ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया अनु टण्डन पन्द्रहवीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से सांसद चुनी गई थी चौथे चरण के लिये नामांकन के पांचवें दिन आज कानपुर संसदीय सीट से दो प्रत्याशियों ने वहीं अकबरपुर सीट से सात प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया चौथे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर संसदीय सीट पर उन्नीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे लोकसभा चुनाव के लिये प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिये धुंआधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी दौरे के तीसरे दिन आज क्षेत्र में जनसम्पर्क करने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से आगे बढ़ी है उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी में विकास की जीत होगी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फतेहपुर में कई स्थानों पर नुक्कड़ संभाएं और रोड शो किया अपने प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यो को लेकर झूठे प्रचार कर रही है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक जनसभा में कहा कि सपा बसपा का गठबंधन दो दलों का गठबंधन नहीं है बल्कि विचारों का गठबंधन है यह गठबंधन देश को नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेगा कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन के खिलाफ आज झिंझाना थाने में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मानक से अधिक चुनाव सामग्री का प्रयोग करने के मामले में एसडीएम ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये प्रतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये अपने सात और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है

इसके अलावा धौरहरा संसदीय सीट से मलखान सिंह बांदा से सुनीता देवी कौशाम्बी से राजदेव गोण्डा से कुतुबद्दीन खान बांसगांव से सुरेन्द्र प्रसाद भारती तथा जौनपुर से संगीता यादव पार्टी की प्रत्याशी होंगी इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कल लखनऊ में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए वायदा किया है कि अगर जनता ने उनकी पार्टी को मौका दिया तो वे गरीबों को दो कमरे का मकान और किसानों को उनकी फसल की लागत का कम से कम ढाई गुना से अधिक दाम दिलायेंगे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

भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी हैं

उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा और सिद्धांतो से भाजपा का गठन हुआ पार्टी के वरिष्ठ नेता और कन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के विचारकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने कहा कि पार्टी देश की समृद्धि सुनिश्चित करने और गरीबों के कल्याण के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रही है बाइट तो देशभर में कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के आज ये संकल्प लेते हैं कि इस देश की समृद्धी और अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा और समाज में हर गरीब का कल्याण अपने इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर हम अपनी पार्टी को मजबूती के एक नये स्तभ के ऊपर ले जायेंगे हिन्दू नववर्ष के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र का पर्व श्रू हो गया है

नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने आज घरा और मंदिरों में कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा क प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के चौक स्थित कालीजी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है मेरठ के प्रसिद्ध नवचंडी मंदिर मन्सा देवी मंदिर में सप्तसती का पाठ और भजन कीर्तिन के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बलरामपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में आज ब्रह्ममुहूर्त से माँ दुर्गा के जयघोष के साथ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है वहीं चत्र नवरात्रि के अवसर पर यहां एक माह तक चलने वाला मेला भी आज से शुरू हो रहा है प्रशासन द्वारा मंदिर के आसपास सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये हैं उधर मिर्जापुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मॉ विन्ध्यवासिनी देवी क मंदिर में देशभर से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारो के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल मे चत्र नवरात्र मेला प्रारम्भ हो चुका है जसे ही मंदिर के कपाट खुले समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारे से गूँज उठी लोग माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन कर माँ अष्टभुजा माँ काली व माँ तारा देवी का दशन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे है इस वार भी मेले मे सुरक्षा के लिये ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है उधर हलिया के गड़बड़ा धाम स्थित शीतला मंदिर पर भी श्रधालुओं की भारी भीड़ इकठ्ठा है